निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया हिंसा की छिट पुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा

एग्जिट पोल मतदान के बाद सामने आये एग्जिट पोल के अनुसार इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केन्द्र में फिर से सरकार बनायेगा

एग्जिट पोल्स के नतीजों से जहां भाजपा उत्साहित नजर आ रही है वहीं विपक्ष ने पूर्वानुमानों को खारिज किया है भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हाराव ने पार्टी की ओर से प्रतिकिया देते हुए कहा है कि एग्जिट पोल से श्री मोदी के नेतृत्व के लिए बेहद सकारात्मक मतदान होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को अटकलबाजी करार देते हुए कहा है कि उन्हें ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं है

गोपाल भार्गव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राज्य सरकार से विधानसभा का सत्र जल्द बुलाये जाने की मांग की है क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में विधानसभा में राज्य सरकार के पास विश्वास का संकट है श्री भार्गव ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार बनने की संभावना व्यक्त की गई है

भोपाल में भी मतगणना के लिये सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे अनूपपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया उमरिया शिवपुरी भिंड मुरैना सतना सीहोर सहित विभिन्न जिलों से भी मतगणना की तैयारियों के समाचार मिले हैं

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे